उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट को भयावह बताया है शीर्ष न्यायालय ने जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट पर यह टिप्पणी की गौरतलब है कि बालिका गृह में कई लड़कियों से दुष्कर्म और यौन दुराचार की पुष्टि हुई है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आश्रय गृह का मालिक ब्रजेश ठाकुर दबदबे वाला व्यक्ति है न्यायालय ने केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से ये पूछा है कि क्यों न उसे बिहार की बाहर की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाये न्यायालय ने सीबीआई और बिहार सरकार से ये प्रछा है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की तलाश में इतनी देरी क्यों हो रही है न्यायालय ने बिहार पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूर्व मंत्री और उसके पति से बड़ी संख्या में आवास से कारतूस बरामदगी की गहन जांच की जाये शीर्ष न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर रही सीबीआई की टीम में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं की जाये इससे जांच प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ेगा इस मामले की अगली सुनवाई तीस अक्टूबर को होगी आयकर विभाग ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की दिल्ली स्थित पंद्रह करोड़ रूपये मूल्य की बेनामी संपत्ति को औपबंधिक तौर पर जब्त कर लिया है विभाग ने बेनामी सौदा निषेध कानून के तहत यह कार्रवाई की है दोनों ने फार्म हाउस अपनी सेल कंपनी केएचके होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर पंद्रह करोड़ रूपये में खरीदा था आयकर विभाग लालू प्रसाद के परिवार की अन्य बेनामी संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रहा है इसमें दिल्ली में आलीशान घर और पटना में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल शामिल है केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि दो हजार उन्नीस के चूनाव में एनडीए की जीत में कोई शंका नहीं है उन्होंने पटना में संवाददाताओं से कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के साथ पर लोगों का अटूट विश्वास है उधर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार चिंतित है और इसे जीएसटी के तहत लाने के प्रयास किये जा रहे हैं श्री अठावले ने कहा कि कुछ राज्य सरकारें कीमतों पर नियंत्रण के लिये केन्द्र सरकार की ओर से किये गये उपायों में सहयोग नहीं कर रही है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एन डी ए सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार वर्ष के दौरान कई नई योजनाएं शुरू की हैं नई दिल्ली में आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केवल प्रयोगशालाओं पर ही नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों में छात्र प्रोफेसर और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर भी ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि शोध कार्यों में नवोन्मेष के माध्यम से ही देश को समृद्धि मिल सकती है साउड बाईट बेसिक साइंसिस में काम अधिक करने की जरूरत है और इसलिए एक नया इनीशिएटिव ले रहे हैं जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडिमिक एंड रिसर्च कोलाब्रेशन

और इसमें जो टॉप क्वालिटी इंस्टीच्यूट हैं उन्हीं के बीच में यह समझौता होगा जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्वेश्वर जंगल में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच मूठभेड़ में बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया घायल जवान को इलाज के लिये हेलीकाप्टर से पटना लाया गया है इधर मुठभेड़ के बाद पूरे इलाकों को अर्द्वसैनिक बलों ने घेर लिया है नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये जंगल में धर पकड़ अभियान चलाया जा रहा है बांका जिले में कट्टर नक्सली नेपाली यादव ने पूलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है नक्सली ने सुईया थाना क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया पूलिस को कई नक्सल वारदात के सिलसिले में उसकी तलाश थी केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से सोशल मीडिया के दुरूपयोग रोकने के लिये ठोस कदम उठाने को कहा है गृह सचिव राजीव गौबा ने आज फेसबुक ट्वीटर गूगल वाट्सअप सहित विभिन्न सोशल मीडिया के कंपनियों के साथ बैठक की उन्होंने द्रूपयोग रोकने के साथ साथ इन कंपनियों को शिकायतों के समाधान के लिये अलग से अधिकारी नियुक्त करने को कहा भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने पटना के गांधी मैदान में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आज रैली का आयोजन किया रैली में वामपंथी दलों के नेताओं के साथ ही सहयोगी दल कांग्रेस राजद और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं ने भाग लिया सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर रेड़डी ने आरोप लगाया कि वर्तमान में देश में अराजकता का माहौल है उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों और बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया जा रहा है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जदयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने भी लोगों को संबोधित किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भाकपा की रैली को पूरी तरह विफल बताया है श्री राय ने कहा कि वामपंथी दलों ने अपना वजूद बचाने के लिये और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिये रैली का आयोजन किया था उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनौती देना कांग्रेस और वामपंथी दलों के वश में नहीं है गरीब परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए शुरु किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है

जिसमें से अकेले गया में उन्नीस हजार से अधिक इंडिया पोस्ट खाते शामिल हैं आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन प्रसाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महात्मा बुद्ध के शांति और अंहिसा के मार्ग का अनुसरण करने में मानव कल्याण है श्री कुमार ने आज राजगीर में प्राचीन विश्व शांति स्तूप के उनचासवें वार्षिकोत्सव में अपने संबोधन में कहा कि बूद्ध के संदेश सदैव प्रासांगिक हैं उन्होंने पारंपरिक प्रजा में भी भाग लिया इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार सांसद कौशलेंद्र कुमार पूर्व विदेश सचिव ललित मान सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे भाजपा की ओर से आज पटना में राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की जयंती आयोजित की गयी इस अवसर पर समारोह को केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संबोधित किया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि श्रीकृष्ण सिंह गुड गवर्नेंस में विश्वास करते थे प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एनके सिन्हा को बिहार का नया सूचना आयुक्त बनाया गया है छठ और दिवाली के मद्देनजर समस्तीपुर रेल मंडल ने भारत और नेपाल सीमा से लगे स्टेशनों और रेलखंडों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है मंडल सुरक्षा आयुक्त अंश्मान त्रिपाठी ने बताया कि नरकटियागंज और रक्सौल समेत अन्य स्टेशनों और रेलखंडों की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है कैमूर और कटिहार जिले में अलग अलग हादसों में आज चार लोगों की मौत हो गयी कैमूर जिले के चैनपूर थाना अंतर्गत लेदरी गांव के पास ट्रक की चपेट में आकर साईकिल पर सवार दो लोगों की मौत हो गयी वहीं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में गोपालपट्टी चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक के पलट जाने से दबकर दो लोगों की मौत हो गयी